दिल्ली के तबलीगी जमात सेंटर में शामिल होकर प्रदेश में आये लोगों को चिन्हित कर किया जा रहा है आईसोलेट रेलवे आवश्यकता पडने पर बीस हजार कोचों को आइसोलेशन कोच के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार दुर्गाष्टमी पर आज घरों में हो रहा है दुर्गा मां का पूजन कन्याओं को भोज के स्थान पर जरूरतमंदों को बांटी जा रही है खाद्य सामग्री

कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रीपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया बैठक में चिकित्सा और पुलिस विभाग के कर्मचारियों तथा संविदा कार्मिकों को इससे मुक्त रखा गया है पेंशनधारकों की पेंशन भी इस महीने तीस प्रतिशत कम आयेगी

बैठक में बताया गया कि लॉक डाउन के कारण प्रदेश में अधिकतर औद्योगिक इकाइयां एवं व्यावसायिक गतिविधियां बंद हैं

मरकज से लौटने वाले और उनके सम्पर्क में आये लोगों को तलाशा जा रहा है राज्य के बाडमेर चूरू हनुमानगढ़ टोंक करौली सीकर भरतपुर और धौलपुर जिलों में प्रशासन तबलीगी जमात में शामिल होकर आये लोगों को चिन्हित कर आईसोलेट कर रहा है वही दिल्ली पुलिस ने मरकज के मोलाना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है

गौरतलब है कि इस धार्मिक आयोजन में कई देशों से लोगा शामिल हुए थे इधर केन्द्र सरकार ने कड़ा रूख अपनाते हुए तबलीगी गतिविधियों के लिए विदेश से आने वाले लोगों को टूरिस्ट वीजा जारी नहीं करने का निर्णय लिया है प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में फिलहाल इजाफा नहीं हुआ है

वहीं राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासन सतर्क है लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही जरूरतमंदों को राहत सामग्री पहुंचाने और जनता को जागरूक करने के अभियान चलाये जा रहे है

बीकानेर में प्रशासन कोरोना संकमण को रोकने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास कर रहा है यहां अब तक संकमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है बाडमेर में केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने सांसद निधि से एक करोड रूपये मंजूर किये है इसके अलावा उन्होंने अपने वेतन में से भी एक लाख रूपये देने का ऐलान किया है टोंक में डिग्गी कल्याण धणी ट्रस्ट की ओर से दो लाख रूपये का चैक जिला प्रशासन को दिया गया सीकर जिले में अब तक चिकित्सा विभाग की ओर से दो लाख से ज्यादा घरों में सर्वे की कार्यवाही की जा चुकी है यहां तय मूल्य से ज्यादा पैसे वसूलने पर किराना और मेडिकल स्टोर संचालकों पर कार्यवाही की गई राज्य सरकार ने जयपुर शहर में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने और इससे बचाव के उददेश्य से कफ़र्यू वाले पूरे परकोटा क्षेत्र को सील कर दिया है गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि नये आदेशों के तहत परकोटा क्षेत्र में केवल चिकित्साकर्मियों जिला प्रशासन पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों को आने जाने की अनुमति होगी इसके अलावा अत्यावश्यक सेवाओं से संबंधित विभागों के कर्मचारियों मीडियाकर्मियों परकोटा क्षेत्र में खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने वाले लोगों को आधिकारिक पहचान पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा

भारतीय रेल आवश्यकता पडने पर बीस हजार कोच में संशोधन कर आइसोलेशन कोच के रूप में इस्तेमाल के लिए तैयार है इन कोचों में तीन लाख से अधिक बिस्तर होंगे

प्रदेशभर में आज दुर्गाष्टमी पर घर घर में दुर्गा मां की पूजा अर्चना की जा रही है

हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि इसकी बजाय लोग गायों को ही प्रसाद खिला रहे है और गरीबों को भोजन के पैकेट्स वितरित कर रहे है